परियोजना का उदघाटन करते हए श्री मोदी ने कहा कि रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा गौरतलब है कि इस परियोजना में सौर ऊर्जा उत्पादन की तीन इकाइयां हैं

उधर बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के विस्तार के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा बीकानेर के तीन थाना इलाकों में कफर्यू लगा दिया है

आईसीएसई और आईएससी के दसवीं और बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज दोपहर बाद तीन बजे घोषित किये जायेंगे ये परिणाम कांउसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे परीक्षा परिणाम एसएमएस के जरिये भी जाने जा सकते हैं जिसके लिए वेबसाइट पर विवरण दर्ज करना होगा

वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शृष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन चार दिन मानसून कम सक्रिय रहेगा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अगले साल जून तक स्थगित कर दिया गया है

साथ ही अफवाहों पर भी ध्यान न दें श्रीगंगानगर जिले में कृषि में पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार कृषि विषय में अध्ययन करने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है

कृषि उप निदेशक विस्तार डॉक्टर जीआर मटोरिया ने बताया कि कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा और रोजगार के बढ़ते अवसर के चलते इस विषय की ओर छात्राओं का रुझान बढ़ा है